राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत भारत विशेषकर अनिश्चितताओं और चिंताओं से भरे विश्व में शांति तथा स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन्होंने कल अपने सरकारी आवास पर परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहत के चालक दल का स्वागत करते हुए कहा कि एक अरब से अधिक भारतीय मजबूत और नए भारत की आकांक्षा करते हैं ताकि उनकी आशाएं और अपेक्षाएं पूरी हो सकें श्री मोदी ने कहा कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को विश्व शांति और स्थिरता को बढ़ाने के देश के प्रयासों के रूप में देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि शांति भारत की ताकत है न कि कमजोरी प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता समय की आवश्यकता है और आईएनएस अरिहंत की सफलता परमाणु धमकी देने वालों को करारा जवाब है

देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें त्रिआयामी परमाणु प्रक्षेपण क्षमता प्राप्त करने में आईएनएस अरिहंत की सफलता को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने चालक दल और उसमें योगदान करने वाले अन्य सभी लोगों को बधाई दी श्री मोदी ने कहा कि जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण के तहत उसके पास व्यापक परमाणु कमान तथा नियंत्रण ढांचा प्रभावी सुरक्षा गारंटी संरचना और कड़ा राजनीतिक नियंत्रण है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता और पहले इस्तेमाल नहीं करने के सिद्वांत के प्रति वचनबद्व है उन्होंने कहा कि चार जनवरी दो हजार तीन को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया था प्रधानमंत्री ने देश के सैनिकों की बहादुरी प्रतिबद्वता और वैज्ञानिकों की प्रतिभा तथा समर्पण की प्रशंसा की आप लोगों ने देश को इस दीपावली पर अरिहंत के सफल अभियान के रूप में एक ऐसा अनूता अनुपम उपहार दिया है जो भारत के इतिहास में बेमिसाल है जब देश दुर्गा पूजा और विजय दशमी की जत्सव मना रहा था तब आप अरिहंत उसके साथ आप सब देश के दृश्मनों के विनाश के लिए और हमारे देश की रक्षा के लिए आप सारे अभियान में और अभ्यास में जूटे हुए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के पहले निगरानी अभियान की सफलता के लिए भारत के रक्षा प्रौद्योगिकीविदों और नौसेना को बधाई दी है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत की यह उपलब्धि उसकी सुरक्षा तैयारियों की दिशा में ऐतिहासिक कदम है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आई एन एस अरिहंत की इस उपलब्धि से भारत के रणनीतिक और सुरक्षा हितों को और बल मिलेगा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इसे देश की एक बड़ी उपलब्धि बताया है श्रीमती सीतारमन ने इसके लिए भारतीय सैन्य बलों और समूची वैज्ञानिक बिरादरी को बधाई दी है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आईएनएस अरिहत की इस सफलता के लिए भारतीय नौसेना को बधाई दी है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत के लिए यह एक यादगार क्षण है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा है कि आज का दिन भारत के लिए विशेष है उन्होंने कहा कि इस सफलता से भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है

श्री नाईक कल जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में अब नकलविहीन परीक्षा होगी और उसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को प्रयास करना होगा उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान की बुनियाद अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने रखी थी और श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया जिसका असर अब देखने को मिल रहा है दीक्षान्त समारोह में मेडल और उपाधि पाने वालों में इक्यावन फीसदी छात्राएं है

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो डॉ राजाराम यादव ने अपने सम्बोधन में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को रेखांकित किया

इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी वह कल गोरखपुर में एक हजार दो सौ तीस किलोवाट के सोलर प्लांट का उदघाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री योगी ने गीडा के उद्यमियों की समस्याओं का भी संज्ञान लिया और कहा कि प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास गोरखपुर के उद्यमियों के साथ आकर बैठक करें उनकी समस्याओं को समझे और समय सीमा में समाधान करें

आज ही नरक चतुर्दशी और श्रीहनुमान जयन्ती भी मनाई जा रही है आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को काली चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जा रहा है आज छोटी दीपावली पर अयोध्या में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं अयोध्या में चल रहे दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किमजोंग सुक राजधानी लखनऊ पहुंच गई हैं वह आज छोटी दीपावली के अवसर पर होने वाले प्रमुख कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे जिसके तहत पवित्र सरयू नदी के किनारे तीन लाख से अधिक दीप प्रज्जवलित किये जायेंगे तीन दिवसीय दीपोत्सव की शुरूआत लाओस के कलाकारों की रामलीला प्रस्तुति से शुरू हुई थी

इसके बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी क्रिकेट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित किये जाते रहे हैं नये नवेले स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोगों में ख़ासा उत्साह है